श्री मोदी ने कहा कि कोरोनाकाल में आई चुनौतियों का देशवासियों ने मजबूती के साथ सामना किया है पूरे विश्व की नजर भारत पर है और विश्व को भारत से कई अपेक्षाए हैं भारत इन दिनों फार्मेसी के क्षेत्र में उभर कर आया है और विश्व के कई देशों को भारत से कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध कराई जा रही है श्री मोदी ने सदन के माध्यम से किसानों से आंदोलन समाप्त करने की अपील भी की

इसके लिए तैयारियों को कई गुना बढ़ाना होगा चिकित्सा विभाग ने कहा है कि ऐसे लाभार्थियों का डेटा निर्वाचन आयोग द्वारा जारी नवीनतम मतदाता सूची के अनुसार तैयार करें वैक्सीनेशन के लिए सभी सदस्यों और अधिकारियों का चयन कर उनका प्रशिक्षण करवाना सुनिश्चित किया जाए विभाग ने जिलों में हैल्थ केयर वर्कर्स और फंट लाइन वर्कर्स के वैक्सीनेशन के लिए भी आगामी सत्र आयोजित करने के संबंध में दिशा निर्देश जारी किए हैं

वहीं राज्य के पांच जिलों चूरू सवाई माधोपुर झुंझुनूं टोंक और हनुमानगढ़ में कोई भी सकिय मामला नहीं बचा है

अब तक एक करोड़ पांच लाख से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं प्रदेश में आज से छठी से आठवी कक्षा के विद्यार्थियों के लिये स्कूल खुल गए हैं स्नातक और स्नातकोत्तर की शेष रही कक्षायें भी आज से शुरू हो गई है

सभी स्थानों पर कोविड दिशा निर्देशों की पालना किया जाना अनिर्वाय है इसका उल्लंघन करने पर केन्द्र और राज्य सरकार की गाईडलाइन के अनुसार जुर्माना वसूला जायेगा भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य युद्धाभ्यास आज से बीकानेर की महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू होने जा रहा है

यह द्विपक्षीय युद्धाभ्यास संयुक्त राष्ट्र के जनादेश के तहत रेगिस्तानी इलाके की पृष्ठभूमि में काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन पर ध्यान केंद्रित करेगा ये युद्धाभ्यास दोनों सेनाओं के बीच रक्षा सहयोग के स्तर को बढ़ाएगा और द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देगा

बुलंद दरवाजे पर झेड़ा चढ़ाने की रस्म के साथ ही यह उर्स शुरू हो जाएगा राज्य सरकार की ओर से कोरोना से बचाव के लिए जारी की गई नई गाइड लाइन के तहत उर्स में शामिल होने वाले जायरीन को ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य होगा इसके लिए जिला प्रशासन ने एप और वेबसाइट लॉन्च की है प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री टीकाराम पालीवाल की आज पृण्यतिथि है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उन्हें विनम्र श्रद्वांजलि दी है प्रदेश में आगामी एक सप्ताह के दौरान मौसम शुष्क रहेगा मौसम विभाग के अनुसार तापमान भी औसत के आसपास रहेगा इस बीच आज भी तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहा

मौसम विभाग के अनुसार आज माउंट आबू में न्यूनतम तापमान जमाव बिन्दू से बढ़कर एक डिग्री सैल्सियस दर्ज किया गया